संविधान दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कल शिमला के गेयटी थियेटर में होगा आयोजित

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से उज्जवला योजना से बचे शेष परिवारों को रसोई गैस मुहैया करवा रही है

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के कर्मपुर गांव से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत समग्र बाड़बंदी का शुभारंभ भी किया

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेशभर में नशे के विरूद्व चलाए जा रहे विशेष अभियान का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और लोग नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक हो रहे हैं उन्होंने समाज के सभी वर्गो से इस अभियान में बढ़चढ़ कर शामिल होने की अपील भी की इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल को देश का सबसे स्वच्छ और हराभरा राज्य बनाने के लिए सभी से स्वच्छता में अपनी सकिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है वे आज सिरमौर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में सफल बनाने के लिए आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा देना भी ज़रूरी है इससे पहले राज्यपाल ने नाहन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू ज़िले में बंजार विधानसभा क्षेत्र के साईरोपा में आज ग्रेट हिमालयन नैशनल पार्क के जैव विविधता केन्द्र का शिलान्यास किया बाद में तीर्थन घाटी के शिल्ली गांव में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और राज्य सरकार इसे एक बहुत बड़े ईको टूरिज़्म हब के रूप में विकसित करेगी गोविंद ठाकुर ने कहा कि जैव विविधता केन्द्र की स्थापना से घाटी में पर्यटकों के अलावा पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं की आवाजाही बढ़ेगी उन्होंने तुंग पंचायत में पलचान रवड्ड पर बनने वाले पुल की आधारशिला भी रखी विधायक सुरेन्द्र शौरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से ग्राम स्तर पर महिलाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने का आहवान किया है सोलन ज़िले में कंडाघाट विकास खंड के पाडली गांव में आज आंगनबाड़ी भवन के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने ये बात कही

उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से पोषण अभियान की जानकारी घर घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया ताकि महिलाएं व शिशु स्वस्थ रह सकें सैजल ने इस अवसर पर जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए

राज्य सरकार ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की है

इसके बाद डीडब्लयू नेगी और मनोज जोशी को उच्च न्यायालय ने जुमानत दी बिदल कल संविधान दिवस है इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के गेयटी थियेटर में आयोजित किया जाएगा इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस बीच संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी है एक बयान में उन्होंने कहा कि हम सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए बिंदल ने कहा कि संविधान दिवस स्वतंत्र भारत की सच्ची भावना का प्रतीक है और ये हमें अपने मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक करता है मांग रोहतांग सुरंग में कंकरीट कार्य के चलते बस की आवाजाही आज से बंद कर दी गई है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में स्थानीय लोगों ने रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाकर इसे फिर से बहाल करने और घाटी के लिए हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की मांग की है लोगों का कहना है रोहतांग सुरंग से बस सेवा बंद होने से मरीजों को घाटी से बाहर ले जाने में भी दिक्कत आएगी

मुख्यसचिव श्रीकांत बाल्दी ने आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि स्वस्थ होने के बाद रोगी पुनः इस बीमारी की चपेट में न आएं इसके मद्देनज़र बेहतर सुविधाए उपलब्ध करवाई जाएंगी निधन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मवीर धामी का आज कुल्लू ज़िले में उनके पैतृक गांव सेऊबाग में आकस्मिक निधन हो गया

धर्मवीर धामी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस महासचिव और मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रभारी थे

चुनाव सोलन जिले की दि रामशहर कृषि सेवा सहकारी सभा समिति की प्रबंधक कमेटी के चुनाव में दलेल सिंह कौशल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है इसके अलावा राम लाल ठाकुर सभा के उपाध्यक्ष और दाता राम कौंडल कोषाध्यक्ष चुने गए हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में पिछले दिनों हुए हिमपात से ठंड बढ़ गई है